पहले वे चीन के राष्ट्रपति षी जिन फिंग से मिले बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की तथा उन्हें और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ा है जिससे कई मुद्दों को सुलझाने में मदद मिली है प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को लेकर भी अपना रुख सामने रखा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को किसी सार्थक बातचीत से पहले आतंक मुक्त माहौल बनाना होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान को भारत द्वारा उठाए गए मुद्दों पर ठोस कार्रवाई करने की जरुरत है और अब तक ऐसा होता नजर नहीं आ रहा विदेश सचिव विजय गोखले ने बताया कि प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के बीच इस मुद्दे पर विचार विमर्श हुआ प्रधानमंत्री ने षी जिन फिंग को बताया कि भारत द्विपक्षीय बातचीत से सभी मुद्दों के समाधान के पक्ष में है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियों कांफ्रेंस के जरिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के कृषि मंत्रियों के साथ बातचीत की इस दौरान सरकार की तीन मुख्य योजनाओं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लघु तथा सीमांत किसान पेंशन योजना और किसान क्रेडिट कार्ड अभियान के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई नरेंद्र सिंह तोमर ने लाभार्थियों के पंजीकरण की प्रक्रिया तेज करने का अनुरोध किया ताकि अप्रैल से जुलाई की अवधि के लिए किसान सम्मान निधि योजना की राशि सीधे उनके खाते में भेजी जा सके उन्होंने अगले सौ दिनों के दौरान एक करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट योजना के दायरे में लाने के लिए ग्रामस्तर पर अभियान चलाने का अनुरोध किया

रक्षा सूत्रों ने बताया कि बचाव मिशन में तीन और असैन्य पर्वतारोहियों को शामिल किया गया है इससे पहले बुधवार को असैन्य सेना और वायुसेना के पंद्रह पर्वतारोहियों को इस मिशन में लगाया गया था मौसम की अप्रत्याशित स्थितियों और दुर्गम क्षेत्र के कारण बचाव मिशन पर असर पड़ रहा है मंगलवार को हवाई खोजी टीम ने प्रदेश के सियांग जिले में गत्ते गांव के पास पारे पहाड़ी पर विमान का मलवा देखा था ये विमान तीन जून को असम के जोरहाट से उड़ान भरने के बाद लापता हो गया था इसमें तेरह लोग सवार थे

कार्यक्रम प्रमुख और कार्यक्रम कार्यकारी अधिकारियों ने इस दो दिवसीय बैठक का आयोजन किया है पूर्वोत्तर के सलाहकार डी एन बसुमातारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अधिक गुणवत्ता वाले रेडियों कार्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया उन्होंने आकाशवाणी केंद्रो की गरिमा बनाए रखने हेतु गुणवत्ता वाले कार्यक्रम तैयार करने और प्रशारण करने को कहा केंद्र सरकार ने असम में ई विदेशी अधिकरण बनाने को मंजूरी दे दी है ई विदेशी अधिकरण मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद प्रकाश तिवारी ने कहा कि प्रस्तावित अधिकरण प्रणाली राज्यभर में लागू की जायेगी ताकि विदेशी अधिकरण में दर्ज मामलों की प्रभावी निगरानी और इसका निपटान हो सके आनंद प्रकाश तिवारी ने आशा व्यक्त की कि नई आई टी प्रणाली न केवल मामलों के निपटान में न्यायपालिका को मजबूती प्रदान करेगी बल्कि पूलिस संगठन को पहचान मामला चलाने और हिरासत की प्रक्रिया में तेजी लाने में भी मदद करेगी इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य राज्य व्यापिक वायोमेट्रिक और वायोग्राफिक डेटा बनाना है ताकि अवैध प्रवासियों पर नकेल कसी जा सके इसे पात्र लाभार्थियों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी सहायता मिलेगी

हालही में गुवाहाटी में आयोजित समाजिक सांस्कृतिक संगठन अनुप्रेरोना द्वारा आयोजित पांचवें वार्षिक सम्मेलन सह पूरस्कार समारोह में उन्हें यह पूरस्कार प्रदान किया गया श्री कमान आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभार में ईस्ट सियांग जिला के बतोर पार टाईम संवाददाता भी है